बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा ने वर्तमान स्थिति उससे निपटने की तैयारियों बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और इस आपदा से निपटने के लिए तुरंत सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए शिवराज चौहान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को बर्बाद करने का ही काम किया है

उन्होंने कहा कि भाजपा देश को जोड़ने का काम कर रही है जबकि कांग्रेस बिखर रही है शिवराज चौहान ने शहीद स्मारक में शहीदों को नमन कर युद्ध संग्रहालय का अवलोकन भी किया

इनमें से कुछ संदेश कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं

मॉनसून सत्र प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल में सवाल जवाब के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां सभा पटल पर रखेंगे और अलग अलग समितियों के सभापति समितियों के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करेंगे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग समी समाचार पत्रों ने विधानसभा के मानसून सत्र और मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं नहीं बदलेंगे एसपी आईजी करेंगे विधायक शराब प्रकरण की जांच

दिव्य हिमाचल ने लिखा है विपक्ष का फिर वाकआउट इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है गग्गल एयरपोर्ट का होगा विस्तार पवन काजल के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जवाब दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है हिमाचल में एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेगी सरकार मंत्रिमंडल के फैसले को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है अब दूसरे नहीं डकार पाएंगे गरीबों के हिस्से का राशन अमर उजाला के शब्द हैं आढ़तियों का घटेगा कमीशन मिलावट रोकेंगे फूड कमीशनर दैनिक भास्कर का कहना है किसान बागवानों को नहीं देनी होगी मार्केट फीस मंडियों में ई ऑक्शन की सुविधा दिव्य हिमाचल की सुर्खी है छह मेडिकल कॉलेजों में चलेंगी मॉर्डन एंबुलेंस वैन

हिमाचल दस्तक की सुर्खी है हेलिकॉप्टर से शिमला पहुंचे मार्केडेय बर्फबारी के चलते स्पीति में रूक गए थे कृषि मंत्री दैनिक जागरण ने लिखा है कृषि मंत्री एयरलिफट अभिनेत्री का इंकार